राज्य सरकार ने प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए निबंधन प्रकिया शुरू की कई बड़ी निजी कंपनियों ने राज्य से श्रमिकों की मांग की खूंटी जिले में सुरक्षाबलों ने एक नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार किया और मौसम विभाग का पलामू गढ़वा चतरा और कोडरमा समेत कई अन्य जिलों में भारी बारिष का अनुमान झारखंड में कोरोना संकमण के मामले में निरंतर कमी आ रही है और अब रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते है कि पिछले सोलह दिनों में छह सौ अड़तालीस नये संक्रमित मिले जबकि एक हजार उनचालीस लोग स्वस्थ हुए है इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर छिहत्तर प्रतिषत हो गयी है

वहीं पिछले चौबीस घंटों में उनहत्तर लोगों को अस्पताल से छटटी भी मिली हैं अब तक एक हजार सात सौ तिरानब्बे लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके है अब सिर्फ पांच सौ साठ कोरोना संक्रमित मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है जबकि राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमित बारह लोगों की मौत हो चुकी है देषभर में अनलॉक की प्रकिया शुरू होते ही झारखंड से बड़ी संख्या में कामगारों की मांग शुरू हो गयी है सीमा सड़क संगठन बीआरओ के बाद अब एलएनटी और एसआईएस समेत देष की कई बडी निजी कंपनियों ने बीस हजार श्रमिकों की मांग राज्य सरकार से की है श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण विभाग को लिखे पत्र में कंपनियों ने अति कृषल कृषल और अर्द्व कृषल श्रमिक उपलब्ध कराने का आग्रह किया है कंपनियों की मांग को देखते हुए श्रम विभाग ने राज्य के श्रमिकों से अपील की है कि यदि वे राज्य के बाहर संस्थानों कारखानों और कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो वे श्रम विभाग के नियोजनालय और प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से वेबसाइट पर ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए गोडडा जिले का भी चयन किया गया है

खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एक सक्रिय नक्सली को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली के पास से देशी पिस्तौल और दो कारतूस भी बरामद किये गये है जिले के ही मारंगहादा थाना क्षेत्र से पुलिस ने नौ सौ ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्कर के पास से एक स्कूटी भी जब्त की गयी है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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हमेशा ही ऐतिहासिक रूप से सभी आपदाओं और चुनौतियों पर विजय हासिल कर और ज्यादा निखरकर सामने आया है प्रधानमंत्री ने कल आकाशवाणी र्स मन की बात कार्यक्रम में यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्र्ओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है

दुनिया के सबसे बडे वापसी कार्यक्रम वंदे भारत अभियान के माध्यम से केन्द्र सरकार अब तक तकरीबन डेढ़ लाख भारतीयों को स्वदेश ला च्की है इस अभियान के तहत वैश्विक महामारी के बीच दुनिया भर से तकरीबन सात सौ उड़ानों का संचालन किया जा चुका है विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ्पांच लाख से अधिक लोगों ने समुद्र मार्ग भू मार्ग और वायु मार्ग से स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है

ये रेलगाड़ियां लॉकडाउन के बाद से चलाई गई हैं मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति के आकलन के बाद विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है प्रदेष भारतीय जनता पार्टी का दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज शाम चार बजे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन जाकर मुलाकात करेगा पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्य राज्यपाल से मुलाकात कर साहेबगंज जिले के भोगनाडीह में हुल कांति के महानायक सिद्वो कान्हू के वंषज की हत्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे साहेबगंज में जिला खनन फाउंडेषन ट्रस्ट डीएमएफटी की राषि से जिले में स्वास्थ्य सुविधा बढाने का कार्य चल रहा है साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह गांव में अमर शहीद सिदो कान्हू के वंशज से सांसद विजय हांसदा के नेतत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर रामेश्वर मुर्म की पत्नी को नौकरी देने और उनके बच्चों की पढाई की व्यवस्था करने की बात कही है

इस अवसर पर विधायक नलिन सोरेन और दिनेश विलियम मरांडी मौजूद थे पलामू जिले के छतरपूर थाना क्षेत्र में कल हुए एक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई रिष्ते में दोनो पिता पुत्र थे

ग्रामीण हाइवा की स्पीड लिमिट तय करने की मांग कर रहे थे बाद में प्रषासनिक अधिकारियों के आष्वासन के बाद जाम हटा लिया गया एथलेटिक्स फेडरेषन ऑफ इंडिया के साथ राज्य के सभी जिला एथलेटिक्स संघों के अध्यक्ष और सचिवों के साथ होने वाली ऑनलाइन बैठक में पदाधिकारियों को रहना अनिवार्य होगा झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएषन की ओर से इसकी तैयारी को लेकर एक ऑनलाइन बैठक की गयी संघ के अध्यक्ष मध्यकांत पाठक की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में चौबीस जिलों के अध्यक्ष और सचिव ने भाग लिया उन्होंने बताया कि सभी जिलों में तीन सौ से चार चौ एथलीट का निबंधन एथलेटिक्स फेडरेषन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर करवाना होगा इसके लिए एक समिति भी बनायी गयी है मौसम विभाग ने आज राज्य के पलामू गढ़वा चतरा और कोडरमा समेत कई जिलों में भारी बारिष का अनुमान लगाया है मौसम पूर्वानुमान में कुछ स्थानों पर वजपात की भी आषंका जतायी गयी है इधर वजपात के कारण गुमला और गिरिडीह जिले में चार लोगों की मौत हो गयी गिरिडीह जिले में तीन अलग अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गयी जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के दो अलग अलग जगहों मे वज्रपात से एक अधेड़ और एक स्कूली छात्र की मौत हो गयी जबकि दो युवक घायल हो गये वहीं सरिया थाना क्षेत्र में एक पचास वर्षीय व्यक्ति की मौत वजपात से हो गई दूसरी तरफ गुमला जिले के कामडारा थाना अंतर्गत पिंपी गांव में कल शाम वजपात की घटना में एक महिला की मौत हो गयी संक्षिप्त खबरें पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के खामडीह डाकघर में पदस्थापित पोस्ट मास्टर अरविंद कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया

इस दौरान ऑनलाइन सुनवाई के बाद चार मामलों का निष्मादन हुआ